बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता देश के हर व्यक्ति को गर्व से भर देती है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की विशालता और विविधता देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हुनर हाट के अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की विशालता संस्कृति परम्पराओं खान पान और भावनाओं की विविधता का दर्पण है इस हाट में प्रदर्शित पारम्परिक वस्त्र हस्तशिल्प क्रतियां कालीन बर्तन बांस और पीतल के उत्पाद और संगीत वाद्य यंत्र समूचे भारत की कला तथा संस्कृति की अनोखी झलक प्रस्तृत करते हैं उन्होंने कहा कि इन शिल्पकारों की साधना लगन और अपने हुनर से प्रेम की कहानियां बहुत प्रेरणादायक हैं साउंड बाईट हनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेन्टिंग्स बेचती थी लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बेदल गया आज वो ना केवल आत्मनिर्मर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए कहा कि नये भारत की हमारी मातायें और बहनें उन चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं जिनसे पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है उन्होंने बिहार के पूर्णिया की कहानी बताई जहां महिलाओं ने सरकार की सहायता से शहतूत यानी मलबरी उत्पादन सहकारिता समूह बनाया है

पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरूआत शुरू की और पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाओं और बेटियों की उद्यमशीलता और साहस हर किसी के लिए गर्व की बात है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 उन्होंने कहा कि हमारे देश में साहसपूर्ण खेलों के लिए असीमित अवसर हैं

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक पचास हजार आठ सौ पचास करोड़ रुपये किसानों के बीच वितरित किये हैं यह योजना पिछले साल चौबीस फरवरी को शुरू की गई थी योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में हर साल छह हजार रुपये किस्तों में अंतरित किए जाते हैं शुरू में दो हेक्टेयर तक की अधिकतम जोत वाले छोटे और मझोले किसानों की मदद का प्रावधान किया गया था बाद में सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कदम को दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास बताया है

इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है इकतीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा इस दौरान बाईस बैठके होंगी साथ ही पिछले सत्रों के दौरान पारित विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसे सदन के पटल पर रखा जायेगा वहीं पच्चीस फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पेश किया जायेगा शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों को कॉपियों की जांच के कार्य में लगाया गया है वे अगर तय समय में योगदान नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी और उन्हें निलंबित किया जायेगा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है श्री महाजन ने कहा कि जो शिक्षक हड़ताल में नहीं रहकर योगदान देना चाहते हैं वे अविलंब योगदान करें पटना जिले के नगर पंचायत बिक्रम और नौबतपूर के साथ सीतामढ़ी जिले के नगर पंचायत जनकपुर रोड के पुनगर्ठन के लिये आज मतदान कराया गया राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आज हुए मतदान की मतगणना पच्चीस फरवरी को होगी नीति आयोग की अग्रणी पहल अटल नवप्रवर्तन मिशन से देशभर में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में चौबीस फरवरी दो हजार सोलह को मंत्रिमंडल की बैठक में अटल नवप्रवर्तन मिशन शुरू करने की मंजूरी दी गई थी इस मिशन के तहत विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं ताकि युवा प्रतिभाओं में जिज्ञासा सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा दिया जा सके

अटल नवाचार मिशन विश्वविद्यालय गैर सरकारी संगठन छोटे और मध्यम उद्यम और कॉर्पोरेट उद्योग के स्तर पर विश्वस्तरीय अटल इंक्यूबेटर की स्थापना कर रहा है जिससे स्टार्टस्प को बढ़ावा मिल रहा है

आकाशवाणी समाचार मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी स्थित मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक कल्याण की लगभग सौ करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया वहीं श्री कुमार ने केवटी के असराहा में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनने वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सहित सुपौल में मदरसा रहमानिया अफजला के भवन का रिमोट से शिलान्यास भी किया आकाशवाणी पटना के अंशकालिक संवाददाताओं के लिये आज एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है प्रादेशिक समाचार एकांश पटना में आयोजित कार्यशाला में आकाशवाणी पटना के उप महानिदेशक वेद प्रकाश पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय दूरदर्शन समाचार पटना के निदेशक विजय कुमार और प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के सहायक निदेशक कृष्ण कुमार लाल सहित अन्य अधिकारीगण शामिल हुए कार्यशाला में जिलों से आये संवाददाताओं को समाचारों के प्रसारण के डिजिटल स्वरूप और सोशल मीडिया की जानकारी दी गयी इसके साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशानुसार विभिन्न घटनाओं समसामयिक मुद्दों और ग्राउंड स्टोरी को कवर करने पर चर्चा की गयी नालंदा में आयोजित दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति और विरासत पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन आज समाप्त हो गया सम्मेलन में एशिया के छह और देश के पच्चीस राज्यों के विद्वान शामिल हुए केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उद्घाटन सत्र में भाग लेने के बाद नालंदा स्थित विश्व धरोहर स्थल और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का भी दौरा किया मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि संदिग्ध दिमागी ब्रखार यानी एक्यूट इंसेफ्लाईटिस सिंड्रोम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सदर अस्पताल में अप्रैल माह के अंत तक पीकू वार्ड तैयार हो जाएगा शिवहर के नेहरू युवा केंद्र में युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास विषय पर आज से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज समस्तीपुर जिले के सताईसवें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेज बारिश रिकार्ड की गयी है इस दौरान पटना में एक दशमलव तीन मिलीमीटर और गया में नौ दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से सारण में दो और रोहतास जिले में तीन लोगों की मौत हो गयी इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अगले चौबीस घंटो के दौरान भी प्रदेश के कुछ भागों में बारिश हो सकती है कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के फूलवरिया गांव के जीडी नहर में नहाने के दौरान डूबकर दो बच्चियों की मौत हो गई झारखंड के दुमका से गिरफ्तार कुख्यात नक्सली सिद्दो कोढ़ा की जमुई में पुलिस हिरासत में मौत हो गयी

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है